और तीन दिवसीय पराक्रम पर्व का आज नई दिल्ली में होगा समापन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह अड़तालीसवीं कड़ी होगी जिसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश से मंगाई जाने वाली मछलियों की बिक्री पर कल से रोक लगाने का आदेश दिया है इन मछलियों में कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक रसायन के नमूने पाये जाने के बाद प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है मत्स्य विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश से मंगायी गई मछलियों के नमूनों की जांच करायी थी प्रयोगशाला जांच में इन मछलियों में फारमल्डिहाइड नामक कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन के मिलने की पुष्टि हुई है गौरतलब है कि इस रसायन का उपयोग अधिक दिनों तक मछलियों को सुरक्षित रखने के लिये किया जाता है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की पटना स्थित विशेष अदालत ने धोखाधड़ी जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले में कपार्ट के तत्कालीन संयोजक सदस्य अरुण शाह समेत तीन दोषियों को पांच पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ प्रत्येक को तीन लाख बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है दोषियों पर छह लाख बावन हजार रुपये गबन करने का आरोप था उधर मुजफ्फरपुर में एजीजे नौ ने पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने चौदह शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है औचक निरीक्षण के दौरान इन शिक्षकों पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है पूर्वी चंपारण जिले के पुरानी फल मंडी से पुलिस ने चौबीस लाख की काली मिर्च सहित एक ट्रक को जब्त किया है पुलिस मामले की जांच कर रही है उधर मुजफ्फरपुर जिले में अवैध रूप से रसोई गैस सिलिंडर लेकर जा रहे नौ ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया है मौके पर सात ट्रक चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया उधर राजधानी पटना में राजस्व कुफिया निदेशालय डीआरआई की टीम ने पाटलिपुत्र जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस से दो करोड़ बारह लाख रूपये का सामान जब्त किया है इनमें चीन में बने चैकेट थाईलैंड की कलाई घड़ी और कोरिया के बने सिगरेट शामिल हैं निदेशालय मामले की जांच कर रहा है मुजफ्फरपुर में रेलवे की संयुक्त टीम ने फर्जी पहचान पत्र के आधार पर इक्कीस लाख से अधिक के रेलवे के ई टिकट बनाने के मामले में सिकंदरपुर के एक ट्रेवेल एजेंट को गिरफ्तार किया है रेलवे पुलिस ट्रेवेल एजेंट पूछताछ कर रही है पंद्रहवे वित्त आयोग की टीम आज पांच दिवसीय दौरे पर बिहार आ रही है दल का नेतृत्व आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह कर रहे हैं टीम राज्य सरकार राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन के सदस्यों से बातचीत करेगी इस दौरान आयोग के समक्ष बिहार की वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रमुख जानकारी भी रखी जायेगी भारतीय सैन्य बलों के साहस शौर्य और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए अट्ठाईस सितंबर से शुरू पराक्रम पर्व का नई दिल्ली में आज समापन हो रहा है गौरतलब है कि दो वर्ष पहले भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राईक कर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के शिविरों को ध्वस्त कर दिया था इसी उपलक्ष्य में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के राजपथ के इंडिया गेट पर चल रहा है प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को स्कूलों और अन्य स्थानों पर मनाया गया सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को इसकी जानकारी दी गयी इधर पटना में दानापुर स्थित सेना के छावनी क्षेत्र में सैन्य बलों के साहस और पराक्रम को दर्शाने के लिये भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये कटिहार जिला के कदवा प्रखंड के बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के शिकारपुर पंचायत के शिकारपुर गांव में एक ही परिवार के चार बच्चियों की एक साथ डूबने से मौत हो गई यह घटना तब हुयी जब चारों बच्चियां पोखर मे स्नान करने के दौरान गहरे पानी मे चली गई बिहार की महिलाओं पर बनी देश की पहले महिला बैंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आज रिलीज की जायेगी बिहार की राजधानी पटना से पंद्रह किलोमीटर द्र ढिबरा गांव की महिलाओं पर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है यह देश की पहली महिला बैंड पार्टी है राज्य सरकार ने नागालैंड में हुए भूस्खलन और बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास कार्य के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष से एक करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को भेजे गये पत्र में प्रदेश सरकार ने कहा है कि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से हताहत लोगों और प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना को बिहार की जनता बेहतर ढंग से महसूस करती है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिये निबंधन और परीक्षा फीस जमा करने के लिये पंद्रह अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है छात्र ऑनलाईन निबंधन और परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे राज्य में खादी के विकास के लिये जीविका की महिला सदस्यों की सहायता ली जा रही है उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में वर्तमान में तिरानवे संस्थायें हैं उन्होंने कहा कि खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिये जीविका की दीदियों की मदद ली जा रही है इसी के अंतर्गत भोजपुर के जिला मुख्यालय आरा में स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है कैमूर जिले में चल रही राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर नाईटीन फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन मोतिहारी और सहरसा ने अपने अपने मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया मोतिहारी ने दरभंगा को एक के मुकाबले दो जबकि सहरसा ने टाई ब्रेकर में गया को चार के मुकाबले पांच गोालों से पराजित किया उधर राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एन कॉलेज पटना के दीपक कुमार और एएनएस कॉलेज बाढ़ की स्वीटी कुमारी ने सौ मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर सबसे तेज धावक होने का गौरव हासिल किया इधर विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी प्रतियोगिता के वन डे मैच में आज बिहार का मुकाबला सिक्किम से होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान पर शीर्षक दिया है पाक की हरकतों से वार्ता अटकी अखबार ने लखनऊ में एप्पल कंपनी के मैनेजर को गोली मारने की घटना को जगह देते हुये सुर्खी बनायी है पुलिस ने एप्पल मैनेजर को गोली मारी प्रभात खबर ने बसों से सफर करना आज रात से होगा महंगा को पहले पन्ने की बड़ी खबर बनाया है राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शीर्षक देते हुये लिखा है शिक्षा को क्लास रूप से बाहर निकाल समाज व देश की जरूरतों से जोड़ें शिक्षक आज अखबार की बड़ी खबर है बापू की एक सौ पचासवीं जयंती पर गांधीमय होगा बिहार

और तीन दिवसीय पराक्रम पर्व का आज नई दिल्ली में होगा समापन